मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी के आने की उम्मीद है जयराम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को समारोह में आमंत्रित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर राज्य और केन्द्र की विभिन्न योजनाओं को उजागर करने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई जाएगी शांता कमार सांसद शांता कुमार ने कांगड़ा जिले से संबंधित प्रसिद्ध लोक गायक प्रताप चंद शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को सरकार की तरफ से एक लाख रूपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है धर्मशाला में त्रिगर्त उत्सव के समापन समारोह और प्रताप चंद शर्मा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्होंने देहरा बचत भवन का नाम प्रताप चंद शर्मा करने का भी ऐलान किया

नई दरें कल आधी रात से लागू हो गईं इंडियन ऑल कॉरपोरेशन ने कहा है कि कर प्रभाव और ईंधन की बाजार दर में कमी के कारण ऐसा किया गया है

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने और रुपये के मजबूत होने से ऐसा संभव हुआ है एड्स दिवस आज विश्व एड्स दिवस है यह एचआईवी से संगठित होकर लड़ने एचआईवी पीड़ित लोगों के साथ सहानुभूति और एचआईवी एड्स जैसी बिमारी से मरने वालों के प्रति श्रद्धांजलि देने का दिन है एड्स बहुत की खतरनाक बिमारी है जिससे लगभग साढे तीन लाख लोगों की मौत हो चुकी है

विद्यालय के प्राचार्य ने कहा है कि अभ्यार्थी केवल ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बैंकों से कहा है कि वे आधार आधारित भुगतान प्रणाली ए ई पी एस बंद न करें क्योंकि इससे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने में बाधा आ सकती है उसने यह स्पष्टीकरण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को भेजे एक पत्र के बाद किया है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों से जुड़ी खबर आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है अमर उजाला का शीर्षक है चुटकी भर ड्रग्स मिली तो भी जमानत नहीं कैबिनेट ने एनडीपीएस एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी पंजाब केसरी की सुर्खी है बढ़ता नशा रोकने के लिए कानून किया जाएगा कठोर दैनिक जागरण के शब्द हैं नशे पर सख्त सरकार मादक पदार्थ के साथ पकड़े तो नहीं मिलेगी जमानत हिमाचल दस्तक ने लिखा है अब कम ड्रग्स पर भी सीधे जेल दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है नशे पर नकेल को कड़ा कानून बनाएगा हिमाचल

हिमाचल दस्तक लिखता है अब आईपीएच में आउटसोर्स भर्ती

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से अजीत समाचार लिखता है वैश्विक इन्वैस्टर मीट का आयोजन अगले वर्ष जून में

दिव्य हिमाचल की एक खबर है आपदा प्रबंधन निदेशालय बनाएगा हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के हवाले से अमर उजाला लिखता है भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ही तय करेगी लोकसभा के प्रत्याशी हिमाचल में बनी नौ दवाओं में खोट शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है कई दवाओं में धूल के कण कई मानकों पर सही नहीं उतरी

आपका फैसला राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हवाले से लिखता है छात्र राजनीति से बचे शिक्षक बिरादरी अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय उत्पाती बंदर में लिखा है कि लोगों पर बंदरों के हमले बढ़े हैं और तमाम प्रयास के बावजूद इनकी संख्या पर नियंत्रण पाने के उपाय कारगर साबित न होना चिंताजनक है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय सरकारी स्कूल की नमक हरामी में सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या और शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता जताई है

नमस्कार